चंपावत में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत मिली ट्रेनिंग से महिलाओं और युवाओं के लिए खुले नये रास्तेस्वरोजगार से जुड़े कई लोग खेल मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने एशियन गेम्स में देश के शानदार प्रदर्शन पर खुशी जताई आकाशवाणी से बातचीत में कहा कि बेटियों के प्रति बदल रहा है नजरिया एशियन गेम्स में बेहतरीन प्रदर्शन करने वाली हॉकी प्लेयर वंदना कटारिया को हरिद्वार में किया गया सम्मानितजिले में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का ब्रैंड अंबेसडर बनाया गया स्लग सीएस केदारपुरी मुख्य सचिव उत्पल कुमार ने आज केदारपुरी में चल रहे पुनर्निर्माण कार्यो का निरीक्षण किया केदारनाथ के कपाट बंद होने के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की संभावित यात्रा के मद्देनजर चल रहे पुनर्निर्माण कार्यो को समय से पूरा करने की कोशिश की जा रही है केदारपुरी के दौरे में मुख्य सचिव ने सबसे पहले भगवान केदारनाथ के दर्शन किये इसके बाद उन्होंने पुनर्निर्माण कार्यो का जायजा लिया वर्तमान में यहां सरस्वती नदी पर सुरक्षा दीवार बनायी जा रही है घाट और संगम से लेकर मंदिर तक पैदल मार्ग को चौड़ा किया जा रहा है पिछले दिनों मौसम खराब होने से निर्माण कार्यों में मुश्किल आ रही थी मौसम साफ होते ही एक बार फिर कार्य तेजी से शुरू हो गया है केदारनाथ के लिए केदारघाटी से हेली सेवाएं भी शुरू हो गई हैं मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह ने केदारपुरी में तीर्थ पुरोहितों से भी बातचीत की मुख्य सचिव ने बताया कि अतिक्रमण को रोकने के लिए हाट बाजार बनाया गया है जहां पर सभी व्यापारियों को दुकानें आवंटित की जाएंगी स्लग कौशल विकास योजना हर हाथ को नौकरी देने के उद्देश्य से शुरू की गई प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना बेरोजगार महिलाओं और युवाओ के लिए फायदेमंद साबित हो रही है चंपावत जिले के युवा प्रधानमंत्री कौशल विकास केंद्रों से प्रशिक्षण लेकर अब स्वरोजगार अपना रहे हैं बच्चों की पढ़ाई के लिए दूर के गांव से चंपावत जिला मुख्यालय आई विनीता बिष्ट ने खाली समय में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत सिलाई कढ़ाई का प्रशिक्षण लिया

कमला भट्ट ने भी इस योजना के अंतर्गत ट्रेनिंग ली और अब दूसरी महिलाओं को भी प्रशिक्षित कर रही हैं

प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत संचालित विभिन्न कौशल विकास केंद्रों पर कुकिंग होटल मैनेजमेंट सिलाई कढ़ाई नर्सिंग समेत विभिन्न विषयों पर प्रशिक्षण दिया जा रहा है जिससे आय के रास्ते खुल रहे हैं

मौसम विभाग ने खासकर कुमाऊं क्षेत्र में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है इससे पहले हल्की बारिश का दौर जारी रहेगा

बारिश से प्रदेश में जान माल का नुकसान हआ है कई भवन क्षतिग्रस्त हुए हैं और सड़कों को भी नुकसान पहुंचा है

मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सहयोग के लिए कंपनी प्रबंधन और कर्मचारियों का आभार व्यक्त किया है स्लग खेल मंत्री केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री स्वतंत्र प्रभार कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने एशियन गेम्स में खिलाड़ियों के शानदार प्रदर्शन पर खुशी जताई है

वंदना कटारिया को हरिद्वार में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का ब्रैंड अम्बेसडर भी घोषित किया गया है जिलाधिकारी दीपक रावत ने कहा कि बेटियो को बचाने पढ़ाने और आगे बढ़ाने के लिए जिला प्रशासन समय समय पर उनका सहयोग लेगा हरिद्वार में खेलों को प्रोत्साहन देने और प्रतिभावन खिलाड़ियों को आगे बढ़ने का मौका देने के लिए वंदना कटारिया के लिखित सुझाव भी आमंत्रित किये गए हैं स्लग हरकी पैड़ी हरिद्वार में प्रशासनिक अधिकारियों ने गंगा घाटों पर जाकर अतिक्रमण मुक्त घाट अभियान चलाया घाटों पर दुकान खोखों तिरपाल से किये गये अतिक्रमण को हटाया गया इस दौरान धोबी समाज के लोगों को गंगा में कपड़े न धोने के निर्देश दिये गए

इसके अलावा शिव घाट पर शराब बीड़ी सिगरेट गुटखा और भारी मात्रा में प्लास्टिक की केन पाये जाने पर अतिक्रमण को ध्वस्त करने के साथ ही एफआईआर दर्ज कराये जाने के निर्देश दिये गए

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में शिक्षा और साक्षरता को बढ़ावा देना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है